सुगम और बाधा रहित मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं मतगणना केन्द्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है

प्रत्येक मतगणना केंद्र पर सभी आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाई गई है

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा से किन्हीं पांच मतदान केन्द्रों का चयन कर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के मतों और मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना के रूझान आने शुरू हो गए हैं

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायधीश धर्मचंद चौधरी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायाधीश चौधरी मंडी जिले को लोहारा गांव से संबंध रखते है जबकि प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति दी गई है उनके पद छोड़ते ही न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी बतौर मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे

लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू होते ही प्रदेश के लोगों की निगाहें नतीजों पर टिक गई है खासकर हमीरपुर और मंडी सीट को अहम माना जा रहा है

वहीं मंडी सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है इधर शिमला सीट पर दो सैनिकों की सीधी टक्कर से मुकाबला रोचक बना हुआ है जबकि कांगड़ा चंबा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार इस बार क्या उलट फेर करते हैं इस पर प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी हैं मतगणना के दौरान रूझानों और परिणाम की जानकारी के लिए शिमला के मालरोड पर राज्य स्तरीय मीडिया सेंटर स्थापित किया किया गया है चुनाव परिणाम संबंधी जानकारी मीडिया सेंटर के दूरभाष नम्बर शून्य एक सात सात दो आठ शून्य पांच शून्य पांच नौ और दो आठ शून्य पांच शून्य छः शून्य पर ली जा सकती है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मतगणना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है मतगणना के दौरान हिंसा की आशंका केन्द्र ने सभी राज्यों को किया अलर्ट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आज ईवीएम से निकलेगी सरकार दैनिक जागरण लिखता है आज पता चलेगी जनता के मन की बात आई फैसले की घड़ी हिमाचल दस्तक और दैनिक सवेरा टाईम्स के मुताबिक इंतजार खत्म फैसले की घड़ी हिमाचल के सीजे सूर्यकांत बने सूप्रीम कोर्ट के जज शीर्षक से अमर उजाला लिखता है धर्मचंद चौधरी होंगे प्रदेश के कार्यवाहक चीफ जस्टिस पंजाब केसरी के शब्द हैं धर्मचंद चौधरी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश नियुक्त पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है मंत्रिमंडल में जल्द होगा फेरबदल दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मोदी सरकार की शपथ के बाद मंत्रिमंडल विस्तार जल्द

जबकि आपका फैसला लिखता है शिक्षण संस्थानों की हार्ड डिस्क सीबीआई के कब्जे में

मौसम पर इसी पत्र की सुर्खी है आज से बिगड़ेगा मौसम बारिश के साथ अधंड़ की चेतावनी अमेरिकी रसायन से सेब पर संकट गिर रहे फल अमर उजाला की एक खबर है